मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जबलप्र में जनसभा को संबोधित करते हुये कहा है कि जो लक्ष्य अध्रे रह गये हैं उन्हें आपके सहयोग से पूरा किया जायेगा श्री मोदी ने कहा कि आपने इन पांच वर्षो में हर फैसला लेने में मोदी का साथ दिया है जिससे यह चौकीदार बड़े फैंसले लेने का साहस कर पाया उन्होंने नोटबंदी को लेकर भी जनता के समाने अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि इस विपरीत स्थिति में जनता मोदी के साथ थी नोटबंदी देशहित के लिए फायदेमंद साबित हुई

वहीं बिहार के समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुये कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव संविधान और देश को बचाने के लिये हो रहा है उन्होने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच समझकर करें चुनाव प्रचार प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार कल शाम समाप्त हो जायेगा

वहीं इसी दिन छिन्दवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए भी मतदान होगा छिंदवाड़ा के सौंसर में आज कांग्रेस नेता और फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने नकुलनाथ के पक्ष में प्रचार किया श्री सिन्हा ने अपने फिल्मी अंदाज में नोटबंदी में और जीएसटी पर कटाक्ष किया भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने सिहोर के श्यामपुर चरनाल अहमदपुर और उमरझीर में जनसभाओं को संबोधित किया वहीं भोपाल से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हुजूर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया दूसरी ओर बसपा प्रमुख मायावती कल रीवा में जनसभा को संबोधित करेंगी केन्द्रीय मंत्री उमा भारती दमोह मंडलाबालाघाट और खजुराहो में चुनावी सभायें करेंगी

भोपाल संसदीय सीट से निर्दलीय प्रत्याशी प्रज्ञा ठाक्र ने आज अपना नाम वापस ले लिया है

प्रधान न्यायाधीश न्यामयमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या इस फिल्म को इस वक्त प्रदर्शित किया जा सकता है उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग ने इस बार में जो फैसला किया है शीर्ष न्यायालय उसके खिलाफ कोई याचिका स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है फिल्म के निर्माताओं की ओर से पीठ को बताया गया कि निर्वाचन आयोग का आदेश केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्म को दी गई स्वीकृति के खिलाफ है प्रधानमंत्री नामांकन प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी संसदीय क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस अवसर पर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के कई शीर्ष नेता तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद थे नरेन्द्र मोदी वाराणसी से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं इस सीट पर नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के अजय राय समाजवादी पार्टी की शालिनी यादव चुनाव मैदान में हैं

इसी कड़ी में खंडवा में ट्रेजरहंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया

आज शाम इसका समापन समारोह आयोजित किया गया वहीं चुनाव आयोग के निर्देश पर इंदौर में मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसके द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाले चुनाव संबंधित खबरों और विज्ञापनों पर सतत निगरानी रखी जा रही है

इससे पहले उन्होंने एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक प्राप्त किया था

मौसम प्रदेश में आज का दिन बेहद गरम रहा

मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में लू चलने की आशंका जताई है

आज उत्कृष्ट विद्यालय में स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई

घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया